रामनवमी का त्यौहार आज देशभर मे पूरी श्रद्धा और उत्साह से मनाया गया आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें

इन कंपनियों में भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया शामिल है सीरम इंस्टीट्यूट भारत में अस्ट्रा जेनेका की कोवीशील्ड वैक्सीन तैयार कर रहा है

यह आपूर्ति पहले से कीमत डेढ़ सौ रूपये प्रति ख्राक की दर से की जायेगी भारत बायोटेक ने कहा कि चरणबदध तरीके से उत्पादन बढ़ा दिया गया है

केन्द्र सरकार ने कोरोना मरीज़ों को किफायती चिकित्सा सुविधा प्रदान करने के लिए रेमडेसिविर से आयात श्ल्क हटा लिया है इस कदम से दवा की आपूर्ति बढ़ेगी और कीमत घटेगी जिससे मरीज़ों को फायदा होगा केन्द्रीय वित्त मंत्रालय दवारा जारी अधिसूचना में रेमडेसिविर इंजैक्शन और यह टीका तैयार करने वाले विशेष तत्वों पर आयात शुल्क हटा दिया गया है

फार्मास्यूटिकल सचिव ने बताया कि रेमडेसिविर को माध्यम और गंभीर लक्षणों वाले मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करने की अन्मति दी गई है

सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों से कहा गया है वे रेमडेसिविर का जरूरत अन्सार इस्तेमाल स्निश्चित करें दवाओं की कालाबाज़ारी या जमाखोरी रोके और दवाओं की अंतर राज्यीय आपूर्ति की सुचारू बनाने की सुविधा प्रदान करें सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने राज्य सरकारों और देश के निजी अस्पतालों के लिए अपनी कोविशील्ड वैक्सीन की कीमत की घोषणा की है राज्य सरकारों को वैक्सीन की प्रति ख्राक के लिए चार सौ रूपये और निजी अस्पतालों को छह सौ रूपये देने होंगे

नए प्रावधानों के तहत वैक्सीन बनाने वाले और आपूर्तिकर्ता अपनी कोविड वैक्सीन का पचास प्रतिशत केन्द्र को और पचास प्रतिशत राज्य सरकारों तथा ख्ले बाजार में निजी अस्पतालों को देंगे

कोरोना की दूसरी लहर मे ऑक्सीजन की बढ़ती मांग के बीच हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दिल्ली सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है स्वास्थ्य मंत्री क अन्सार हरियाणा से ऑक्सीजन का एक टैंकर दिल्ली के रास्ते से फरीदाबाद जा रहा था जिसे दिल्ली में लूट लिया गया श्री विज ने कहा कि दिल्ली में ऑक्सीजन का भारी संकट है ऐसे में हरियाणा से जाने वाले टैंकरों को लूटना गलत है

श्री विज ने कहा कि हिमाचल के बददी और राजस्थान के भिवाड़ी से हरियाणा को होने वाली आपूर्ति बंद हो च्की है उनहोंने कहा कि हरियाणा में ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाली कंपनियों मे स्रक्षा के दृष्टिगत प्लिस का पहरा लगा दिया गया है राम नवमी का त्यौहार आज देश के विभिन्न भागों में धार्मिक श्रदधा और उत्साह से मनाया गया

इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को बधाई देते हये कहा कि भगवान श्री राम के जन्म दिवस के पूरी श्रद्धा से रामनवमी के रूप में मनाया जाता है

उन्होंने कहा कि इस दौरान सबको दवा भी और कड़ाई भी मंत्र याद रखना चाहिए हरियाणा में भी आज विभिन्न स्थानों पर रामनवमी का त्यौहार प्री श्रद्धा से मनाया गया अम्बाला जिले के विभिन्न मंदिरों में रामायण के पाठ के बाद हवन यज्ञ किया गया और भंडारे लगाये गये इस दौरान कोविड नियमों का पालन भी किया गया

रामनवमी के अवसर पर फरीदाबाद के सैयदवाड़ा में भी श्री महावीर मंदिर सेव समिति ने हवन यज्ञ का आयोजन किया और मंदिर में भगवान श्री राम का अभिषेक किया गया